उन्होंने कहा है कि समाज के सबसे गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराना गरीबी उन्मूलन की दिशा में पहला कदम है वे कल महाराष्ट्र के शिरडी में साई मंदिर परिसर में विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार सालों में उनकी सरकार ने समाज के निर्धन और मध्यवर्ग को अपना मकान देने के हरसंभव प्रयास किए हैं उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों के लिए ऐसा माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है जिसमें उन्हें अपनी फसल का समुचित मूल्य मिल सके

रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी स्मिता वत्स ने बताया है कि रेलगाड़ी जालंधर से अमृतसर जा रही थी पटाखों के शोर के कारण भीड को गाड़ी आने का एहसास नहीं हुआ और ये दर्दनाक हादसा हो गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये दिल दहलाने वाली घटना है और मेरी मृतकों के परिवारों के प्रति पूरी सहानुभूति है उन्होंने अधिकारियों से पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है और घायलों के शीघ स्वस्थ्य होने की कामना की है

इधर हादसे में घायल लोगों का अमृतसर और आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना के बारे में पंजाब के गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक से बातचीत की हैं एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में केंद्र राज्य को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है

इस बीमारी को लेकर लोगों में दहशत नहीं फैले इसके लिए चिकित्सा विभाग विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चला रहा है स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि जीका वाइरस की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं श्री सराफ ने कहा कि जीका जानलेवा बीमारी नहीं है मच्छरों से सावधान रहकर इससे बचा जा सकता है

अब तक एक लाख से अधिक घरों में सर्वे किया जा चुका है प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा फोगिंग शुरू की गई है जिला प्रशासन ने आमजन से फोगिंग के दौरान खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखने और अस्थमा रोगियों को फोगिंग के धूए से बचाने की अपील की है

वे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की तैयारियों को जानेंगे

नये मतदाताओं को मतदान प्रकिया से रूबरू करवाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मतदान केन्द्रों तक सभी मतदाताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जाये उन्होंने दिव्यांगजनों को घर से बूथ तक वाहन के जरिये लाकर मतदान करवाने और व्हील चेयर सहित सभी आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये

श्री पायलट ने कहा कि राशन की द्कानों तथा अन्य सरकारी योजनाओं के जरिये लोगों को मिलने वाले सरकारी लाभ पर भाजपा के चिन्ह और मुख्यमंत्री के फोटो का अंकित होना आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं प्रदेशाध्यक्ष ने कॉलोनियों के गेटों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नामों को भी हटवाने की चुनाव आयोग से अपील की है

मुखबीर की सूचना पर पहुंची डिकॉय टीम ने मौके से सोनोग्राफी मशीन और डिकॉय राशि भी जब्त की हैं

इयूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में ये दिन मनाया जाता है इस मौके पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी और शहीद स्मारक पर श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे सभी जिला मुख्यालयों आरएसी और रेंज मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीद पुलिसकर्भियों को याद किया जायेगा

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार वरिष्ठ अधिकारी शहीद पुलिसकर्मियों के घरों में जाकर उनके परिवारजनों की कुशलक्षेम जानेंगे आमजन को पुलिस की बहादुरी से अवगत कराने के लिये शहीद पुलिसंकर्मी के शिक्षण संस्थानों में भी उनके वीरतापूर्ण कार्यो को बताया जायेगा